राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां विपक्ष ने विकास कार्य न होने पर सरकार को घेरा कालाअंब में स्थित फार्मा कंपनी के खिलाफ मिलावटी दवाई बनाने पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही उन्होंने कहा कि सरकार ने तृतीय श्रेणी में गैर हिमाचलियों को प्रदेश में नौकरी लेने से रोकने के लिए ऐसे उम्मीदवारों का दसवीं और बाहरवीं हिमाचल के किसी भी स्कूल से पास करना जरूरी बनाया है जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं या दसवीं की परीक्षा हिमाचल से पास करना जरूरी किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से बाहर रहने वाले मूल हिमाचलियों के लिए प्रदेश से परीक्षा पास करने की कोई शर्त नहीं है जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उससे बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में रोजगार लेने पर काफी हद तक लगाम लगी है उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी लेने से नहीं रोक सकते क्योंकि हिमाचल की अपनी कोई भाषा नहीं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स के आधार पर भी बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में नौकरी लेने से रोकेगी और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे

कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पंचायतों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की सरकार विजिलेंस जांच करवाएगी इस मामले में सरकार तीन महीने के भीतर कार्रवाई करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयुक्त हो सकने वाले भवनों के उपयोग के लिए सरकार उपायुक्तों के माध्यम से संभावनाएं तलाश रही है विधायक सुभाष ठाकुर अरूण कुमार परमजीत पम्मी और लखविंद्र राणा ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे

एक तरफ भाजपा सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख कर विपक्ष पर हमले बोले वहीं विपक्षी सदस्यों ने विकास कार्यों के न होने पर सरकार को घेरा चर्चा शुरू करते हुए भाजपा विधायक डॉ राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर तीखे हमले बोले उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेला और इसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में उसका भी उल्लेख आया है जो मामला कोर्ट में लंबित है उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय को भी यह देखना चाहिए था कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं उसे भाषण का हिस्सा कैसे बनने दिया गया आशा कुमारी ने राम मंदिर को लेकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के रमेश धवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गरीब को उठाकर सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने को प्रयास किए हैं नुक्ताचीनी करना विपक्ष का धर्म है मगर अच्छे को भी बुरा कहना गलत बात है उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिसोर्स कैसे बढ सकते हैं कैसे फिजूलखर्ची रूक सकती है इस पर चर्चा की जानी चाहिए कांग्रेस के विधायक विनय कुमार ने कहा कि जनमंच का मंच विशेषकर अधिकारियों को नीचा दिखाने के लिए है बजट में घोषित किए गए लोकभवनों के निर्माण को जगह नहीं मिल रही अभी तक कोई लोक भवन नहीं बना है भाजपा के विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री दो साल से लगातार हिमाचल की जनता के लिए बिना थके काम कर रहे हैं

विधायक होशियार सिंह ने कहा कि हिमाचल से सीमेंट दूसरे राज्यों को जाता है जिसमें टैक्स भी हिमाचल को नहीं मिल पाता इससे राजस्व का नुकसान हो रहा हैं इसके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए

पहली उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर और दूसरी भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच होंगी ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी व्यक्तव्य प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के कालाअंब में स्थित फार्मा कंपनी डिजिटल विजन के खिलाफ मिलावटी दवाई बनाने पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है साथ ही कंपनी में तुरंत प्रभाव से दवाइयों का उत्पादन रोक दिया गया है तथा जो दवाई मिलावटी पाई गई हैं उसे भी बाजार से हटा लिया गया है

डिस्पैच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से बताया कि डिजिटल विजन फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई दवाई कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप से जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बच्चों की मौत के मामले में जम्मू कश्मीर औषधि नियंत्रक की ओर से प्रदेश सरकार को एक पत्र प्राप्त हआ था इस दौरान कंपनी से लिए गए मिलावटी दवाईयों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है इस मामले को लेकर कंपनी के खिलाफ इग्स कौस्मेटिक एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है और आगामी जांच तक कंपनी का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

इसे देखते हुए शिक्षा बोर्ड ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का आहवान किया है

पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है जिसका सीधा संबंध कृषि बागवानी और खाद्य सुरक्षा से है राज्यपाल ने युवा वैज्ञानिकों से अपने क्षेत्र में अधिक समर्पण और विकसित कौशल के साथ काम करने का आहवान भी किया

महिला दिवस केंद्र व राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किये हैं और महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी बाखूभी निभा रही हैं चंबा रूमाल के संरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में चंबा आईटीआई से सेवानिवृत मुख्याध्यापिका सराज बेगम ने अनूठी मिसाल पेश की है वे महिलाओं को निशुल्क चंबा रूमाल बनाने की कला सिखा रही हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं

सुखविंदर खन्ना ने बताया कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य करदाताओं के साथ मुक्कदमे बाजी कम करना है क्योंकि प्रत्यक्ष कर योजना राजस्व के बदले कर में राहत प्रदान करती है

ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक रोगों और कष्टों से निजात मिलती है मेले के पहले दिन उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने मेला स्थल पहुँच कर प्लास्टिक व थर्मोकोल के खिलाफ अभियान छेड़ा उन्होने दुकानकारों से प्लास्टिक के थैले जब्त किए और उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी इसके अलावा उन्होंने लंगर स्थलों का भी निरीक्षण किया